इन सीटो पर सुरक्षा कारणों से मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ जो दोपहर तीन बजे समाप्त हो जायेगा इस चरण की शेष आठ सीटो पर मतदान सुबह आठ बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे तक चलेगा हाल में हुई घटनाओं के मद्देनजर नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान को शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए व्यापक बन्दोबस्त किए गए है केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों की लगभग साढ़े छह सौ कम्पनियों की तैनाती की गई है इसके अलावा वायु सेना के कई हेलीकाप्टर भी तैनात किए गए है दूर्गम तथा सुदूर इलाकों में मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हेलीकाप्टर का इस्तेमाल हो रहा है पिछले चुनाव में नक्सलियों के हेलीकाप्टर पर हमला करने की घटना के मद्देनजर पायलटों को इस बार विशेष हिदायते जारी की गई है इस चरण में मुख्यमंत्री डॉरमन सिंह सहित दो मंत्री केदार कश्यप और महेश गागड़ा चुनाव मैदान में है वहीं कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा शुक्ला और उपनेता प्रतिपक्ष कवासी लखमा अपने किस्मत आजमा रहे हैं

इस दौरान वे प्रदेश के विभिन्न जिलों में सभाओं को संबोधित करेंगे

पार्टी सूत्रों के मुर्ताबिक श्री गांधी सागर जिले में देवरी में जनसभा करेंगे

इस दौरान बालाघाट और भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगी

अनंत कुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार का बीती देर रात बैंगलूरू में निधन हो गया केन्द्रीय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने इसकी जानकारी देते हए उनकी आत्मा की शांति की कामना की

इस समय उनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और संसदीय कार्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री मोदी ने अनंत कुमार की पत्नि से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री अनंत कुमार के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त करते हुए उनके आत्मा की शांति की कामना की

दूसरी ओर राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जायेगी

आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि इस अवधि में एग्जिट पोल कराए जाने और उसे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किसी अन्य तरीके से प्रसारित प्रचारित करने पर प्रतिबंध लगा रहेगा

लोक प्रसारण दिवस लोक सेवा प्रसारण दिवस आज मनाया जाएगा

इस दिन गांधी जी ने पाकिस्तान से आये हरियाणा के कुरूक्षेत्र के शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को रेडियो पर संबोधित किया था लोक प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा